प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लोगों से कोरोना वायरस से निपटने के लिए प्रौद्योगिकी संचालित समाधान साझा करने को कहा है एक टवीट में श्री मोदी ने लोगों से आग्रह किया कि इसे नागरिकों से जुड़े प्लेट फॉर्म माय गॉव पर साझा किया जाए माय गॉव ने एक बयान में कहा है कि लक्षण का पता लगाने के लिए समाधान बायो इन्फोर्मेटिक्स डेटाबेस और एप्लीकेशन कोरोना वायरस से लड़ने में मदद कर सकता है इसमें कहा गया है कि माय गॉव पर डाले गए समाधान का मूल्यांकन किया जाएगा और चयनित समाधान के निर्माताओं को पुरस्कृत किया जाएगा केंद्र सरकार ने देश में कोरोना वायरस से उत्पन्न स्थिति के कारण स्कूल कॉलेज जिम संग्रहालय स्विमिंग पूल और सिनेमाघरों सहित सभी शैक्षणिक संस्थानों को इकतीस मार्च तक बंद रखने का निर्णय लिया है इस संबंध में एक परामर्श राज्य सरकारों को भेजा गया है विद्यार्थियों को भी घर में ही रहने की सलाह दी है कोरोना वायरस के संक्रमण मे मद्देनजर प्रदेश के सभी सरकारी और निजी छात्रावास तथा लॉज इकतीस मार्च तक बंद रहेंगे

इधर बिहार राज्य महिला आयोग ने सभी प्रकार के मामलों की सुनवाई इकतीस मार्च तक के लिए स्थगित कर दी है वही पटना हाईकोर्ट के आदेश के मद्देनजर जेल प्रशासन ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से कैदियों की संबंधित कोर्ट में पेशी के लिए सभी जेल अधीक्षकों को निर्देश दिया है दूसरी तरफ कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए प्रदेश के सभी केन्द्र और राज्य संरक्षित प्रातात्विक स्थलों को इकतीस मार्च तक पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया है कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए ऐहतियात के तौर पर आज से पटना उच्च न्यायालय में दोपहर बारह बजे तक ही काम काज चलेगा अधिवक्ता संघों की समन्वय समिति के अध्यक्ष योगेशचन्द्र वर्मा ने बताया कि इस अवधि में सिर्फ जरूरी मामलों की ही सुनवाई होगी उन्होंने अधिवक्ताओं से कम से कम केस दायर करने की अपील की कोरोना वायरस के संक्रमण के मद्देनजर सीबीएसई ने पहली से आठवीं तक की कक्षाओं के विद्यार्थियों की बची हुई परीक्षाएं नहीं लेने का फैसला किया है सीबीएसई पाटलीपूत्र ने कहा है कि पहले के अंकों के आधार पर ही बच्चों को प्रोन्नत किया जायेगा नौंवी की परीक्षाएं आयोजित होंगी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे कोरोना वायरस से सु्रक्षित रहने के लिए सभी बुनियादी एहतियाती उपायों का पालन करें

यदि किसी व्यक्ति को खांसी और दुखार आने लगे तो अपने को अन्य लोगों से अलग कर लें आंख नाक और मुंह को बिना हाथ धोये स्पर्श न करें हांथों को बार बार सावुन पानी से धोएं या अल्कोहल मिश्रित पदार्थ से हाथ मलें खांसते और छींकते समय नाक और मुंह पर रूमाल अथवा टिश्यू पेपर रखना चाहिए इस्तेमाल कैंके गये टिश्यू पेपर तत्काल बंद डिब्बों में फंके जाने चाहिए युखार आने सांस लेने में कठिनाई होने और खांसी की रिचति में तत्काल डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए विकित्सक के पास जाते समय मास्क पहने या मुह और नाक को कपड़े से ढक्कर रखें

स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने कहा है कि प्रदेश में कोरोना वायरस के संदिग्ध संतावन लोगों के रक्त और लार के नमूने जांच के लिए भेजे गये जिनमें से चौवन की रिपोर्ट निगेटिव आयी है दो लोगों की रिपोर्ट आनी बाकी है जबकि एक का सैंपल खराब हो गया है जिसकी जांच फिर से करायी जायेगी इधर सारण जिले में एक ही परिवार के तीन लोगों को छपरा सदर अस्पताल में संदेह के आधार पर भर्ती कराया गया है दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भी एक संदिग्ध मरीज को भर्ती कराया गया है राज्य सरकार द्वारा इकतीस मार्च तक सभी शैक्षणिक संस्थानों को बंद करने के आदेश के बावजूद दरभंगा जिले के बिरौल थाना क्षेत्र स्थित दो निजी संस्थानों के खूले रहने पर उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है पटना के लोहिया नगर में पिछले दिनों कौवों की हुई मौत की जांच रिपोर्ट में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है मृत कौंवों के दो बार नमूने जांच के लिए भेजे गये थे दोनों ही रिपोर्ट पॉजिटिव पायी गयी राज्यपाल सह कुलाधिपति फागू चौहान ने ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कूलपति डॉ एस के सिंह के खिलाफ विश्वविद्यालय के छह सिंडिकेट सदस्यों द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच करने के लिए तीन सदस्यीय समिति का गठन किया है ये टीम अठारह मार्च को विश्वविद्यालय मुख्यालय जांच करेगी कुलपति पर वित्तीय अनियमितता प्रशासनिक विफलता वैधानिक संकट और मनमानी नियुक्तियां तथा नियम विरुद्ध काम किए जाने का आरोप है केन्द्र सरकार ने मातृत्व अवकाश की अवधि बारह सप्ताह से बढ़ाकर छब्बीस सप्ताह कर दी है श्रम संसाधन मंत्री संतोष गंगवार ने एक ट्वीट में यह जानकारी दी उन्होंने बताया कि इस अवकाश के दौरान लाभार्थी महिला को पूरा वेतन मिलेगा और इसमें संस्थान किसी तरह की कटौती नहीं कर सकता है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पूर्व न्यायधीश रंजन गोगोई को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है केन्द्र ने इस बारे में अधिसूचना जारी कर दी है राष्ट्रपति ने बारह लोगों को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि डिजिटल पेमेंट करने वालों को पांच हजार से एक करोड़ रूपये तक के इनाम दिये जायेंगे जीएसटी काउंसिल की पिछले दिनों हुई बैठक में लिये गये फैसलों की जानकारी देते हुए श्री मोदी ने बताया कि इसमें एक सौ रूपये से लेकर दस हजार रूपये तक की खरीददारी करने वालों को शामिल किया जायेगा उन्होंने बताया कि प्रत्येक महीने लक्की ड्रा निकाले जायेंगे इस ड्रा के माध्यम से एक व्यक्ति को एक करोड़ रूपये का जबकि सौ को एक एक लाख रूपये और पांच हजार ग्राहकों को पांच पांच हजार रूपये के प्रस्कार दिये जायेंगे बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा के अभ्यर्थियों से नौकरी देने के एवज में पच्चीस लाख रूपये मांगने के आरोपी रामकिशोर सिंह के खिलाफ निगरानी जांच ब्यूरो ने केस चलाने के लिए सरकार से अनुमति मांगी है इस मामले में निगरानी जांच ब्यूरो ने रामकिशोर सिंह और उनके सहयोगी परमेश्वर राय के खिलाफ तेरह सितम्बर को प्राथमिकी दर्ज की थी पूर्णिया जिले के सरसी थाना क्षेत्र के मसूरिया गांव के पास हथियारबंद अपराधियों ने एक पेट्रोल पंप कर्मी को गोली मार कर दो लाख रुपये लूट लिये समस्तीपुर जिले के नगर थाना क्षेत्र में काशीपुर लखना चौक के पास तीन सप्ताह पूर्व एक व्यवसायी से बत्तीस लाख रुपये की लूट के मामले में दो कुख्यात समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है सारण जिले के इसुआपुर थाना क्षेत्र के अगौथर गांव में जंगली सूअर के हमले में एक किसान की मौत हो गई अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने कोरोना वायरस संक्रमण से जुड़ी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है हिन्दुस्तान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान को प्रमुखता देते हुए लिखा है कोरोना के मरीजों का मुफ्त इलाज करायेगी सरकार दैनिक जागरण की सुर्खी है मुख्यमंत्री ने जिलों से हटवायी धारा एक सौ चौवालीस दैनिक भास्कर ने लिखा है केन्द्र की सलाह इकतीस मार्च तक यात्रा से बचे लोगों से एक मीटर दूर रहें प्रभात खबर ने अपनी विशेष रिपोर्ट में लिखा है गांधी सेतु में लगाया जा रहा कम गुणवत्ता का स्टील राष्ट्रीय सहारा ने लिखा है निर्भया के तीन गुनाहगार पहुंचे अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट आज की सुर्खी है राज्यपाल का अल्टीमेटम कमलनाथ आज साबित करें बहुमत